भोपाल में कल से राजमाता विजयाराजे सिंधिया महिला हॉकी कप टूर्नामेण्ट शुरू हो रहा है

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने कल इसकी जानकारी दी

इस कार्य में सभी विभागों का मैदानी अमला अपनी भागीदारी दर्ज करायेगा

श्री चौहान सुबह करीब सवा ग्यारह बजे बिछिया पहंचकर यात्रा के इस चरण की शुरुआत करेंगे इस दौरान वे मंडला और डिंडोरी जिले में कई सभाओं को संबोधित करेंगे

लोक अदालत में लम्बित प्रकरणों बैंक रिकवरी मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण श्रम विवाद विद्युत एवं जल कर वैवाहिक भूमि अधिग्रहण राजस्व और दीवानी आदि मामलों की सुनवाई हुई नरसिंहपुर में गठित खण्डपीठों द्वारा तीन हजार सतासी मामलों का निराकरण किया गया ग्वालियर में प्रकरणों के निराकरण के लिए पैतालीस खण्डपीठ गठित की गई थी इनके द्वारा चार हजार उनहत्तर प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह के आधार पर किया गया बड़वानी में नौ हजार तीन सौ सत्ताइस प्रकरणों में से दो हजार दो सौ छियान्नवे प्रकरणों का निराकरण हुआ वहीं गुना में दस खण्डपीठों ने नौ सौ उनहत्तर मामलों का राजीनामे के आधार पर निराकरण किया धार में भी तीन करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के प्रकरणों और दुर्घटना दावा प्रकरणों का निराकरण किया गया

उन्होंने कहा कि शिक्षक वर्ग की सामाजिक विकास में रचनात्मक भूमिका होती है दतिया के विकास में भी समाज के सभी वर्गों के साथ शिक्षकों का पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है इसके साथ ही डॉक्टर मिश्र अतिवर्षा प्रभावित दतिया के तरन ताल हनुमान गढ़ी के पास रहने वाले सौ से अधिक परिवारों से मिले प्रभावितों के घर घर जाकर हाल चाल जाना और उन्हें पूरी मदद का भरोसा दिलाया डॉक्टर मिश्र ने नागरिकों के लिए आवश्यक राहत और सहायता की व्यवस्था के लिये मैदानी अमले को निर्देश दिये

नीमच में योजना के तहत चलाई जा रही ई रिक्शा से न केवल पर्यावरण की सुरक्षा हो रही है बल्कि इससे लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं नीमच से हितग्राही इकबाल हुसैन ने बताया कि कैसे ई रिक्शा के जरिए उनकी जिंदगी बेहतर हई

ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर लॉग इन करें इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यू ट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं

उन्होंने सभी विद्यार्थियों से आगे बढ़कर अपने परिवार के निरक्षर सदस्यों को पढ़ाने का आग्रह किया ताकि वे भी लिख पढ़ सकें

प्रवेशित विद्यार्थियों की फीस प्रतिपूर्ति स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा भुगतान की जायेगी

प्राइवेट स्कूल संचालकों से समय सारणी के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा गया है

खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया कल शाम टूर्नामेंट का शुभारंभ करेंगी

मौसम विभाग के अनुसार नीमच मंदसौर रतलाम आगर शाजापुर उज्जैन देवास शिवपुरी श्योपुरकला और गुना जिले में कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है वहीं भोपाल इंदौर उज्जैन होशंगाबाद ग्वालियर और चंबल संभाग में आने वाले अनेक स्थानों पर बारिश या गरज चमक के साथ बौछारे पड़ने का अनुमान है साथ ही जबलपुर रीवा सागर और शहडोल संभाग के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा या गरज चमक की स्थिति के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है

प्रदेश के रीवा जबलपुर सागर चंबल और ग्वालियर संभागों में अधिकांश स्थानों पर होशंगाबाद उज्जैन व भोपाल संभागों के अनेक स्थानों पर तथा इंदौर संभाग में कुछ स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई हमारे भिण्ड संवाददाता ने जानकारी दी है कि लगातार हो रही बारिश से ग्रामीण अंचलों के कच्चे मकान गिर रहे हैं वहीं नदी नालों में उफान से पहुंचमार्ग भी बंद है

सामान्य से अधिक वर्षा वाले जिले टीकमगढ़ भिण्ड उमरिया दतिया नीमच शिवपुरी सिंगरौली और मुरैना हैं कम वर्षा वाले जिले अनूपपुर बालाघाट हरदा धार छिदवाड़ा देवास अलीराजपुर और बैतूल हैं

वहीं रीवा के मतदान केन्द्रों में राजस्व और पुलिस अधिकारियों द्वारा कानून व्यवस्था की सतत निगरानी की जा रही है खण्डवा में विधानसभा निर्वाचन के लिए गठित स्टैण्डिंग कमेटी की बैठक कल होगी

मुरैना पुलिस ने कल शासकीय केरोसिन से डीजल बनाने की एक देसी इकाई जब्त की है